सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने समारोह की अध्यक्षता की वृद्द जन के सभी मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के पूरे तथा समान उपभोग को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए यह दिन हर साल पहली अक्टूबर को मनाया जाता है इस वर्ष का विषय है वृद्वजन के मानवाधिकारों का सम्मान वृद्वजन दिवस पर प्रदेशभर में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह में उल्लेखनीय कार्य करने वाले बुजुर्गो को सम्मानित किया जायेगा उदयपुर में फतेहसागर की पाल पर आज आयोजित हुई मैराथन दौड में वरिष्ठ नागरिकों ने भाग लिया इस अवसर पर संगोष्ठी भी आयोजित की जा रही है प्रदेशभर में आज से समाज कल्याण सप्ताह की शुरूआत हो गई है सप्ताह के तहत आज पहले दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जा रहा है आज से ही वन्य जीव सप्ताह शुरू हो गया है सप्ताह के दौरान वन और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है उदयपुर में आज रन फोर वाईल्ड लाईफ का आयोजन किया गया आज से सरकारी स्कूलों का समय भी बदल गया है वहीं सरिस्का और रणथम्मौर अभ्यारण्य आज से पर्यटकों के लिये खुल गये है

राज्य पशु गणना प्रभारी ने बताया कि इसके लिये पशुपालन विभाग के सभी अतिरिक्त संभागीय निदेशक कार्यालयों में पौने तीन हजार से ज्यादा टेबलेट उपलब्ध कराये गये हैं पश् संगणक टैबलेट पर गणना करेंगे गणना के दौरान पहली बार पशुपालकों का शैक्षिक और आर्थिक स्तर भी जांचा जायेगा प्रमुख इंटरनेट कम्पनी गूगल तथा सोशल मीडिया के ट्वीटर और फेसबुक ने निर्वाचन आयोग को चुनावों की शुचिता बनाये रखने का आश्वासन दिया है इन कंपनियों ने कहा है कि वे अपने प्लेटफार्म का इस्तेमाल किसी भी ऐसी विषय वस्तु के लिए नहीं होने देंगे जिससे दुष्प्रचार का मतदाताओं पर असर पड़ता हो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओ पी रावत ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक छोटी प्रायोगिक परियोजना का परीक्षण किया गया था और अब लोकसभा चुनाव से पहले इस बारे में एक बड़ा परीक्षण होगा सौर प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मुम्बई ने महात्मा गांधी की जयंती पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है इसके तहत देशभर में एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को सौर लैम्प जुटाने के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा

परियोजना के प्रमुख चेतन सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक पहल है उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक लोगों को इस तरह के प्रशिक्षण पहले भी दिये गये हैं

आकाशवाणी ने विदेश प्रसारण दिवस पर आज नई दिल्ली में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है वैश्विक मंच पर भारत की छवि प्रस्तुत करने और राजनयिक संबंधों को सामने लाने में विदेश सेवा प्रभाग की महत्वपूर्ण भ्रमिका का उल्लेख करते हुए सभी भारतीय मिशन भी विदेश प्रसारण दिवस मनाएंगे इस वर्ष का विषय है विश्व शांति के लिए गांधी जी का दृष्टिकोण जयपुर में आयोजित दो दिवसीय अखिल भारतीय दृष्टिबाधित महिला संगीत प्रतियोगिता में दृष्टिबाधित बालिकाओं ने अपने सुर का जादू बिखेरा

उन्होंने प्रतिभाओं को तराशने की आवश्यकता पर बल दिया प्रदेशभर में राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है इसी कडी में आज बांसवाडा के आनंदपुरी में पोषण रैली निकाली गई इसका आयोजन जिला प्रशासन और महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से किया गया था जोधपुर के कोणार्क स्टेडियम में आयोजित सेना के अत्याधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी का कल समापन हो गया कल स्कूलों के सैंकड़ों छात्रों ने प्रदर्शनी को देखकर सेना के बारे में जानकारी हासिल की